वहीं इनमें से पांच हजार सात सौ से ज्यादा लोग स्वस्थ्य होकर घर लौट चुके हैं

वहीं मुरैना में लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले आरक्षक को कोरोना संकमित पाया गया है

पर्यावरण दिवस आज विश्व पर्यावरण दिवस है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण का संकल्प व्यक्त किया है श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रकृति की वनस्पति संपदा के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास का आह्वान किया उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम अगली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण सौंपेंगे वहीं कोन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस मौके पर नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति लोगों को सजग बनाना है इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविघता है इधर प्रदेश में भी पर्यावरण दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं अनूपपुर जिले के अमरकंटक में केन्द्रिय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नर्मदा तट पर पौध रोपण किया इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इन पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेड़ बनने तक इनकी देखरेख के निर्देश भी दिये राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय के नवीन भवन के निकट स्थित उद्यान परिसर में पौधे लगाए इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिये वृक्षा रोपण पृथ्वी बचाने का सबसे अहम संदेश है

जिसमें मुख्य वक्ता आर श्रीनिवास मूर्ती हैं मध्यप्रदेश जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री मूर्ती ने आकाशवाणी को बताया कि मौजूदा वक्त में विकास जरूरी है लेकिन ये विनाशकारी नहीं होना चाहिए उधर बड़वानी में पर्यावरण दिवस पर कलेक्टर एवं अधिकारियों द्वारा पौध रोपण किया गया पर्यावारण मिसाल पर्यावरण दिवस पर अब बात उस शख्स की जिसने पथरीले पहाड़ को हराभरा बना दिया

हमारे संवाददाता ने बताया है कि जब श्री यादव ने नौकरी शुरू की थी तो जंगल में ज्यादातर ढूंठ दिखाई देते थे ऐसे में इन्होंने ढूंठ की छाटन इस तरह की कि नई पौधों की कोंपले निकल आई और धीरे धीरे यह पौधे बन गये

बल्कि सागौन सहित अन्य प्रजाति के लगभग डेढ लाख पेड पोघों का संसार यहां देखा जा सकता है यहां नीलगाय खरगोश लकड़बग्गा सहित अन्य जानवर भी है